कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन आज ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का भ्रमण और मंदिरों के दर्शन किए वे बंगबंध् शेख मुजीब्रेहमान के जन्मस्थल भी गए और तुंगीपारा स्थित उनके मकबरे पर श्रद्दांजलि अर्पित की इसके बाद वे ओराकांडी में अपने सम्मान में आयोजित सामुदायिक स्वागत स्मारोह में शामिल हए ओराकांडी आध्यात्मिक गुरु और मतुआ समुदाय के संस्थापक हरि चन्द्रा ठाकर की जन्मस्थली है इसके बाद दिन में प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ ढाका में वार्ता करेंगे बैठक के दौरान समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है शाम को स्वदेश रवाना होने से पहले श्री मोदी बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद से मुलाकात करेंगे राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को पचास प्रतिशत राशि पर भूमि आवंटित करेगी मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार जियाडा की बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक में रांची जिले के चान्हो प्रखंड स्थित बरहे मौजा और बुढमु प्रखंड के सोसई में फृड प्रोसेसिंग और मीट प्रोसेसिंग यूनिट खोलने के लिए जमीन आरक्षित करने का निर्णय लिया गया

भारतमाला परियोजना के तहत झारखंड में पांच कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं इसमें रायपुर धनबाद संबलपुर रांची वाराणसी रांची रांची पारादीप और ओरमांझी बख्तियारपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर शामिल है मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ बैठक में सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने का निर्देश दिया मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण के दौरान एलिफेंट कॉरिडोर के रूप में चिन्हित इलाकों का विशेष ध्यान रखने और पौधरोपण करने के निर्देश दिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया है

इससे पहले कल राष्ट्रपति को सीने में दर्द की शिकायत के बाद दिल्ली के ही आर्मी अस्पताल में भर्ती किया गया था देश में अब तक पांच करोड इक्कासी लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल छब्बीस लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया इस बीच पिछले चौबीस घंटे के दौरान तीस हजार से अधिक रोगियों के ठीक होने से स्वस्थ होने की दर चौरान्बे दशमलव आठ चार प्रतिशत हो गई है इस समय चार लाख बावन हजार से अधिक लोग संक्रमित हैं जो कुल संक्रमित मामलों का तीन दशमलव आठ प्रतिशत है कोरोना के बढ़ते नये मामलों के बीच कल बावन हजार से अधिक नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या एक करोड़ उन्नीस लाख से अधिक हो गई है

इनमें एक हजार चार सौ छियान्बे लोग साठ साल से ज्यादा उम्र के हैं सिविल सर्जन डॉ शिव प्रसाद मिश्र ने बताया कि इस अभियान के तहत जिले के दो सौ एक पंचायतों में टीकाकरण के लिए लगाए शिविर का आज अंतिम दिन है उधर सरायकेला खरसावां जिले में उपायुक्त ने कोरोना टीकाकरण को लेकर संबंधित कर्मियों के होली अवकाश को रद्द कर दिया है राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर होली मनाने पर रोक लगा दी है गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत होली नवरात्र और ईस्टर जैसे त्योहार लोग अपने घरों में ही मनाएंगे इन त्यौहारों को लेकर कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा इसके अलावा सरहुल और रामनवमी की शोभायात्रा निकालने पर भी प्रतिबंध रहेगा कंटेनमेंट जोन में पहले से जारी छूट आगे भी जारी रहेगी

समिति ने इस महामारी की शुरुआत से ही बैंकिंग क्षेत्र द्वारा किए गए बेहतर कार्यों को ध्यान में रखते हुए बैंककर्मियों को भी कोरोना वारियर का दर्जा दिया है क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और फिल्म कलाकार परेश रावल भी कोराना पॉजिटिव पाए गए हैं ट्वीट पर उन्होंने अपने मिलने वालों से कहा है कि वे भी अपनी कोरोना जांच करवा लें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष अप्रैल और मई में होनेवाले जेईई मेन्स का शिड्यूल जारी कर दिया है अप्रैल माह में सताईस से तीस तारीख तक परीक्षा होगी इसके लिए चार अप्रैल तक विद्यार्थी ऑनलाइन निबंधन करा सकते हैं वहीं चौबीस से अठाईस मई तक होनेवाली परीक्षा के लिए ऑनलाइन निबंधन की तारीख बाद में घोषित की जाएगी

अठाइस जून से शुरू होनेवाले अमरनाथ यात्रा को लेकर राज्य के सभी जिलों में मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा मेडिकल बोर्ड यात्रा के लिए आवेदन करने वालों के स्वास्थ्य की जांच कर मेडिकल रिपोर्ट जारी करेगी स्वास्थ्य निदेशालय के राज्य नोडल पदाधिकारी ने इस संबंध में सभी मेडिकल कॉलेज और सिविल सर्जन को मेडिकल बोर्ड के गठन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं

प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की है पंचायती राज विभाग ने पंचायतों में चौदहवें वित्त आयोग की राशि का दुरुपयोग किए जाने के मामले में सभी जिलों के उपायुक्तों को पंद्रह दिनों के अंदर जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है विभाग के निदेशक ने बताया कि राज्य की कई पंचायतों में वित्त आयोग की राशि के इस्तेमाल में नियमावली का उल्लंघन करने की शिकायतें मिली हैं जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी में को बोकारो जिले एनडीआरएफ द्वारा ग्रामीण युवाओं प्राकृतिक आपदा में बचाव को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा

इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी होगा आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम रात आठ बजे फिर सुना जा सकेगा प्रधानमंत्री मोदी ने पहले एक ट्वीट में कहा था कि यह कार्यक्रम विचारों रूचिकर विषयों तथा प्रेरक जीवन यात्राओं के उल्लेख का अवसर देता है झारखंड के रांची धनबाद जमशेदपुर मानगो और जुगसलाई समेत देश के एक सौ बीस शहरों का चयन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए किया गया है राज्य के इन शहरों में वायु प्रदृषण का स्तर कम करने में बीआईटी मेसरा और आईएसएम धनबाद सहयोग करेगा इस सिलसिले में रांची नगर निगम और बीआईटी मेसरा के बीच एमओयू किया गया वहीं धनबाद नगर निगम ने आईएसएम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ करार किया बीआईटी मेसरा रांची जमशेदपुर मानगो और जुगसलाई तथा धनबाद में आईएसएम वायु प्रद्रषण कम करने के लिए तकनीकी सलाह देगी राज्य सरकार पत्थलगड़ी से जुड़े सभी मुकदमों को वापस लेगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित संकल्प को मंजूरी दे दी है छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथालपरगना काश्तकारी अधिनियम में संशोधन के विरोध में खूंटी सरायकेला खरसांवापश्चिमी सिंहभूम दुमका और साहिबगंज जैसे जिलों में पत्थलगड़ी के आरोप में कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राजधानी रांची स्थित राजेंद्र आर्युविज्ञान संस्थान रिम्स में नर्स के तीन सौ सत्तर पदों पर बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू होगी वे रांची स्थित एक नर्सिंग कॉलेज में आयोजित समारोह को सम्बोधित कर रहे थे

इसमें ज्यादातर मामलों का निष्पादन फैमिली कोर्ट में हुआ

टीम अस्पताल के प्रसव कक्ष और ऑपरेशन थियेटर में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लेगी